ये दिन महान शिक्षाविद व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस मौके शिक्षकों को बधाई दी है शिक्षक दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वैंकया नायडू नई दिल्ली में आज एक समारोह में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे इस बीच शिक्षक दिवस पर शिमला में होने वाले एक समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उत्कृष्ठ सेवाओं के लिए शिक्षकों का सम्मान करेंगे पोषण अभियान महिला व बाल विकास विभाग आज शिमला में पोषण अभियान पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस दौरान बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे जबकि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे

मंत्रिमंडल बैठक प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी बैठक में गैर हिमाचली लोगों और उनके बच्चों को मकान बनाने के लिए जमीन देने को लेकर चल रहे विवाद पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में विभिन्न विमागों में रिक्त पद भरने समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है जीएसटी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वस्तु और सेवाकर जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक रिटर्न भरने का फॉर्म जारी कर दिया है

मौसम प्रदेश में मानसून की वर्षा का कम रूक रूक कर जारी है

भारी वर्षा से कई संपर्क मार्ग बाधित हुए हैं

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है जल्द शुरू होगी सूबे के सरकारी स्कूलों में नर्सरी केजी की पढ़ाई दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है जल्द ड्रग फी स्टेट बनेगा हिमाचल हिमाचल दस्तक के मुताबिक हिमाचल को जल्द घोषित करेंगे ड्रग फी स्टेट

दैनिक जागरण की एक खबर है मुख्य सचिव के लिए आइएएस अफसरों की लॉबिंग

आपका फैसला के अनुसार कोटखाई लॉकअप मर्डर पुलिसवालों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

जबकि आपका फैसला लिखता है हिमाचल में बारिश का कहर पठानकोट मंडी एनएच पर घंटों लगा रहा जाम लोग परेशान मरीजों को घर बैठे मिलेगा डॉक्टर से मिलने का समय शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है मुख्यमंत्री जयराम ने कुल्लू जिला में शुरू की अनुभव एप्प योजना इसी पत्र की एक अन्य खबर है उना में एसएमएस के गोरखघंधे में करोड़ों बटोर कंपनी फरार हाईवे किया जाम तबादले का स्टेटस जानने निदेशालय पहुंचे विधायक तो स्टाफ ने घुमा दिया दफ्तर दैनिक भास्कर की एक खबर है एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय जाति की दीवारें में लिखता है कि मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कि वे जाति के आधार पर किसी का अपमान करे जाति की दीवारें टूटनी चाहिए ताकि समाज में सौहार्द का माहौल बना रहे दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए शीर्षक दिया है कानूनी पहरे पर डाका